मौसम में आये इस ताजा बदलाव से पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट मे है लाहौल स्पीति में आज दिन भर रूक रूक कर हिमपात होता रहा हिमपात के चलते अटल टनल की ओर सोलंग नाला से आगे वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है और बड़ी सख्यां में पर्यटन वाहनों को आज अटल टनल से ही वापस मनाली भेज दिया गया हमारे कुल्लू संवाददाता आशीष शर्मा के मुताबिक कुल्लू जिले की उंची चोटियों पर सुबह से ही हिमपात हो रहा है उधर चंबा जिला की उंची चोटियों पर भी हिमपात का समाचार है जब की जिले के निचले क्षेत्रों में वर्षा हो रही है राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों तथा सोलन जिले के कई हिस्सों में भी आज दोपहर बाद हल्की वर्षा हई है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला के मालरोड़ स्थित रिपोर्टिंग रूम के लिए तैयार की गई आगन्तुक पुस्तक में हस्ताक्षर किए और इसमें पहली टिप्पणी दर्ज की ज़िला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने राजभवन में राज्यपाल को यह प्रस्तक प्रस्तुत की राज्यपाल ने जिला पुलिस की इस पहल की सराहना की और कहा कि पुलिस रिपोर्टिंग रूम आजादी के पहले से ही शिमला आने वाले पर्यटकों को जानकारी प्रदान करने में मददगार रहा है राज्यपाल ने राजभवन में ही आज प्रदेश विश्वविद्यालय की डायरी कैलेंडर का विमोचन भी किया राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा का उत्कष्ट केंद्र बनकर उभरा है

सुरेश कश्यप ने आँज शिमला में कहा कि विश्व स्तर पर हुए विभिन्न सर्वेक्षणों और अध्ययनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रवल रेटिग दूनिया के सभी बड़े नेताओं से अधिक है उन्होंने कहा कि भारत को एक सुदृढ़ और शिक्षित नेतृत्व मिला है जिसके चलते दुनिया ने भारत का लोहा माना है वीरेंद्र कश्यप भाजपा नेता व पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के चलते अब इन छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ रही है

आर्ट ऑफ लिविंग भारतीय योग संघ की महासचिव और श्री श्री योग की अंतर्राष्ट्रीय निदेशक कमलेश बरवाल ने कहा है कि हर रोज आधा घंटा योग प्राणायाम करने से खूद को बहुत सी बीमारियों को आसानी से दूर रखा जा सकता है कमलेश बरवाल आज पत्रकारों से बातचीत कर रही थी